प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से इसकी शुरूआत करेंगे इसका उद्देश्य सामान्य जनों के लिए बैकिंग सेवा को सुलभ और आसान बनाना है ताकि वित्तीय समावेशन का लक्ष्य तेजी से प्राप्त किया जा सके इसके लिए देशभर में मौजूद डाक विभाग के विशाल नेटवर्क का उपयोग किया जा रहा है इस नेटवर्क में तीन लाख से ज्यादा डाकिये और ग्रामीण डाक सेवक शामिल हैं इससे देश के दूरदराज इलाकों में रह रहे लोगों को लाभ मिलेगा

भोपाल में इसका औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में करेंगे वहीं इंदौर में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन टीकमगढ़ में केन्द्रीय मंत्री महिला एंव बाल विकास राज्यमंत्री डॉ वीरेंद्र क्मार विदिशा में विदेश राज्य मंत्री एम जे अकबर जबलपुर में वित्त मंत्री जयंत मलैया ग्वालियर में उच्च शिक्षा एंव लोक प्रबंधन मंत्री जयभान सिंह पवैया दतिया में डॉक्टर नरोत्तम मिश्र उद्घाटन करेंगे

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक के निर्देशों के परिपालन में यह कार्यवाही की जा रही है

विभिन्न जिलों में भी इसी दिन जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में अभियान का शुभारंभ होगा शहरों में प्रमुख चौराहों पर दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाने और अन्य यातायात नियमों के प्रचार प्रसार और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिये कार्यक्रम होंगे

बड़ी संख्या में जैन समुदाय के लोग उनके अनुयायी थे तरुण सागर की प्रवचन श्रंखला कड़वे प्रवचन बहुत लोकप्रिय थी

वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तरुण सागर महाराज के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि मैं दमोह की धरती को नमन करता हूँ जो श्रद्वेय जैन मुनि तरुण सागरजी महाराज जैसे ईश्वर तुल्य विराट व्यक्तित्व की जननी है अपने कड़वे प्रवचन से हमारे जीवन को सार्थक स्वरूप प्रदान करने वाले ऐसे संत सदियों में एक बार धरती पर आते हैं प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने उन्हें स्मरण करते हुए कहा कि संलेखना कर अपना देह त्यागने वाले परम पूज्य जैन मुनि तरूण सागर जी महाराज प्रदेश के गौरव थे सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तपस्वी क्रांतिकारी संत मुनिश्री तरुणसागर जी महाराज के देवलोकगमन पर उन्हें विनम्र श्रद्वांजलि दी कांग्रेस महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी मुनिश्री का स्मरण करते हुए लिखा है कि देश ने एक उच्च कोटि के राष्ट्र संत खो दिया

रूक रूक कर हो रही बारिश के चलते नर्मदा का जलस्तर एक फीट बढ़ गया है वहीं जबलपुर में बरगी बांध के ग्यारह में से छह गेट बन्द कर दिये गये हैं